आज कैबिनेट की बैठक में लिये गए कई अहम फैसले

प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहत महत्वपूर्ण है और इसे बनाये रखना चाहिए

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रमाणिकता के कारण अन्य चैनलों से बहत आगे है प्रसार भारती अध्यक्ष ए सुर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी समारोह में मौजूद थे

देहराद्रन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बैठक में लिये गए फैसलों की जानकारी दी

श्री कौशिक ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा विभाग में विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है

उन्होंने बताया कि चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने की योजना के अंतर्गत पिरूल एकत्र करने पर वन विभाग प्रति किलो एक रुपये देगा सरकार ने उत्तराखण्ड सहकारी समिति में पंचायतों के लिए संशोधन को भी मंजूरी दी है

इसका उद्देश्य संकेंद्रित अभियान के माध्यम से हर वर्ष मुख्य विषयों के जरिए जागरूकता बढ़ाया जाना है इस साल का विषय है किसान और वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनकर कैसे लाभ उठा सकते हैं कार्यक्रम में श्रोताओं को जानकारी दी गई कि अर्थव्यवस्था की समग्र आर्थिक वृद्धि में कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए किसान विषय चुना गया है सप्ताह के दौरान राज्य के सभी जिलों में बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे इस दौरान बैंकों के नियंत्रक प्रधानों से आग्रह किया कि वे अपनी शाखाओं के माध्यम से इस सप्ताह के दौरान राज्य के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में जनता के पास पहुंचने का प्रयास करें सीएम मॉरिशस उच्चायुक्त मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्वालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है भारत में मॉरिशस के उच्चायुक्त जे गोवर्दधन ने देहरादून में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें केदारनाथ पुनर्निर्माण और पर्यटन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है चारधाम ऑलवेदर रोड का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रवासी हमारे अच्छे अम्बेसडर बन सकते हैं इस दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है मॉरिशस के उच्चायुक्त जे गोवर्दधन ने मॉरिशस से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को रियायत देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्द्रर्य पर्यटन की दुष्टि से अनुकूल है साथ ही कहा कि चारधाम करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र भी है उन्होंने केदरानाथ और बदरीनाथ की सुखद यात्रा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया दुर्घटना चमोली चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग के पास एक यात्री बस पुल से नीचे गिर गई

दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में भर्ती कराया यात्री हरियाणागुजरात बनारस और पंजाब के है टेस्ट उत्तरकाशी उत्तरकाशी में पर्यटकों और यात्रियों की सुविधा के लिए चारधाम यात्रा मार्गो पर स्थित रेस्टोरेंट और ढाबों की जानकारी के लिए पर्यटन विभाग ने वेबसाइट बनाई है टेस्ट उत्तरकाशी नाम की इस वेबसाइट में जिले के रेस्टोरेंट के नाम और लोकेशन दर्शाये गए हैं इस वेबसाइट को लॉन्च करने का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा के अलावा यात्रा मार्ग में स्थित रेस्टोरेंट और ढाबों में स्वच्छ खानपान और भोजन के स्तर को ओर बढ़ाना भी है इस वेबसाइट में लोगों के फीडबैक के आधार पर रेस्टोरेंट और ढाबों को विभिन्न श्रेणीयों में वर्गीकृत किया जा सकेगा

पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने हैलीकाप्टर द्वारा खींची गयी कुछ फोटो भी जारी की हैं वायू सेना के हैलीकाप्टर पिछले दो दिन से लगातार लापता पर्वतारोहियों की खोजबीन का काम कर रहे थे

शव देखे जाने के बाद अब जिला प्रशासन शवों को निकालने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है जिला प्रशासन ने वायु सेना आईटीबीपी और सेना के साथ मीटिंग कर इस सम्बन्ध में चर्चा की

जिला प्रशासन ने सभी पर्वतारोहियों के देशों के दूतावास को भी इस सम्बन्ध में सूचना दे दी है गौरतलब है कि दल से चार सदस्यों को बचा लिया गया है इस दल में एक भारतीय समेत अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोही शामिल थे

इसमें गंगोत्री और गोविन्द वन्य जीव विहार परिक्षेत्र संरक्षण के बारे में जानकारियां दी गई

दूसरे विभाग भी इस पर काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायू परिर्वतन को रोकने और प्रकृति को बचाने के लिए उच्च हिमालय में जैव विविधता परितंत्रों का बेहतर संरक्षण और प्रबन्धन करना है वन्य जीव अपराध और संबंधित खतरों को कम करने के लिए प्रर्वतन निगरानी पर भी काम किया जा रहा हैं कार्यशाला में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि सिक्योर हिमालय परियोजना का ठोस प्लान बनाने के लिए निम्न स्तर पर कार्य करने की जरूरत हैं ताकि एक मजब्रत प्लान बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जा सके

इस अभियान के तहत चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा इसके अलावा अभियान के जरिए नागरिकों की सहभागिता से अधिक से अधिक पेड़ लगाना कचरा मुक्त वातावरण बनाना शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ गढ़वाल का निर्माण करना भी शार्मिल है गढ़वाल मंडल के सभी सातों जनपदों में वृहद स्तर पर सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा इसमें जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं सहायता समूह छात्र छात्राएं पुलिस पर्यटक और विद्यार्थी आदि शामिल होंगे नगर आयुक्त स्वछता कार्यक्रम के लिए सभी निकाय अपने क्षेत्र का सबसे गन्दगी वाला स्थान चिन्हित कर उसे स्वच्छ बनायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे की वो स्थान दोबारा कभी गन्दा ना हो प्रतिस्पर्धा जीतने वाले पहले तीन जिलों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री प्रस्कृत करेंगे

योग दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की